इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें

सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड दवारा भोपाल नोएडा लखनऊ और गोरखपुर के सरकारी अस्पतालों में चार ऑक्सीजन संयंत्र लगाये जायेंगे

इन्हें मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों के आपूर्तिकर्ता को आवंटित किया है उधर अमरीका ब्रिटेन फ्रांस जर्मनी इजराइल और यूरोपीय संघ सहित कई राष्ट्रों ने कोविड महामारी से निपटने के लिए भारत को सहायता का वादा किया है ब्रिटेन से चिकित्सा सहायता की पहली खेप आज भारत पहंची

अमेरिका ऑक्सीजन से संबंधित आपूर्ति और वैक्सीन सामग्री प्रदान करेगा आक्सीजन एक्सप्रेस प्रदेश के लिए पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस कल भोपाल पहंचेगी यह ट्रेन आज सुबह बोकारो से रवाना ह्ई

अनुमान है कि यह गाड़ी आज देर रात जबलप्र पहँचेगी और कल दिन में भोपाल पहँचेगी इसके लिये भारतीय रेल ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया है मंडल रेल प्रबंधक उदय बोरवणकर ने बताया कि भोपाल रेल मंडल नें मंडीदीप में इन रोड टैंकरों को उतारने का विशेष प्रबंध किया है यह टैंकर खाली होने के बाद वापस लोडिंग के लिए रेल मार्ग से ही जायेंगे उधरचिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि प्रदेश में जितनी खपत है उसके अन्पात में ऑक्सीजन की आपूर्ति को हमने स्निश्चित किया है आगे भी ऑक्सीजन की व्यवस्था होती रहे इसके लिए हर स्तर पर हम काम कर रहे हैं

वहींआज देश में कोविड मरीजों की संख्या में कुछ कमी आई है

कोविड केयर सेंटर म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड बीना के समीप ग्राम चक्क में बनाए जा रहे एक हजार बिस्तरों वाले अस्थाई अस्पताल का निरीक्षण किया इस अस्पताल में अन्य सुविधाओं के साथ मुख्य रूप से ऑक्सीजन की सप्लाई स्निश्चित की जाएगी म्ख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि अस्पताल निर्माण में हवा पानी की उत्तम व्यवस्था हो और आग से बचाव का विशेष ध्यान रखा जाये इंदौर के कनाडिया स्थित सेवाकुंज हास्पिटल में कोविड केयर सेंटर प्रारंभ किया जा रहा है

उधर देवास में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्री डॉ प्रभ्राम चौधरी ने जिला अस्पताल परिसर के नर्सिंग कॉलेज में बने कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया

राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या भी एक लाख के करीब पहँच रही है

वहीं सरकार द्वारा रेमडिसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति स्निश्चित करने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं

अब यहां से जरूरत अन्सार इसकी आपूर्ति अन्य जिलों में की जाएगी उधर जबलपुर में व्हाट्स अप सहित सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर कोरोना को लेकर भ्रामक और आपत्तिजनक सूचनाओं आडियो वीडियो को साझा करने पर प्रतिबंध लगा दिया है

कटनी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में किल कोरोना टू अभियान चलाया जा रहा है

सतना जिले के अमरपाटन में प्लिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया ग्ना के नगरीय क्षेत्रों में नगर पालिका द्वारा सैनिटाइजेशन कर कोरोना संक्रमण फैलने से रोका जा रहा है हज कोविड केन्द्र सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों के हज भवनों को अस्थायी कोरोना देखभाल केन्द्र के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया है केन्द्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री म्ख्तार अब्बास नकवी ने कई राज्यों में बने हज भवनों की स्थिति की समीक्षा के बाद सभी राज्य हज कमेटियों को निर्देश दिया है कि वे राज्य सरकार के साथ मिलकर कोविड मरीजों के इलाज के लिए हज भवनों का इस्तेमाल करने में सहयोग करें

इसके तहत जिले में गठित किये गये सर्वे दल घर घर जाकर सर्दी ब्खार खांसी के मरीजों की पहचान कर रहे हैं तथा उनको सूचीबद्व किया जा रहा है